संक्रमित लोगों का पता लगाने और जांच बढाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के साथ मजबूती से लड रहा है उन्होंने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान यह बात कही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

उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में वैक्सीन वितरण की कार्यनीति तैयार की जाएगी श्री मोदी ने सलाह दी कि राज्यों को शीत भंडारण सुविधाओं पर भी काम शुरू कर देना चाहिए

खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की सम्प्रभुता और अखंडता रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही हैं इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है

इधर प्रदेश में बीते पांच दिनों से कोरोना के नये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

परीक्षा फीस संबल यो हितग्राही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना के हितग्राही शालेय छात्र छात्राओं से मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में फीस नहीं ली जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना गरीब परिवारों का संपूर्ण सुरक्षा चक्र है यह योजना पूरे देश में एक विशिष्टि योजना मानी गयी है योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाकर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए योजना में गरीबों अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सर्वागीण कल्याण की संभावनाएं है अतः गरीबों को योजना का लाभ प्राथमिकता से दिया जाए

ये बात राज्य के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कही उन्होंने बताया कि पराली से बनने वाला एथेनॉल और बायो गैस सरकार खरीदेगी इससे किसानों को सीधे लाभ होगा और पराली से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा मंत्री श्री पटेल ने जानकारी दी कि पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान से हुई मुलाकात में किसानों को लाभान्वित किए जाने के प्रयासों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने की परियोजना को अमलीजामा पहनाने जा रही है सब्जी दाम राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं कल मंत्रालय में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर दो दिन में प्रस्तुत की जाए

ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने दी

केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर केन्द्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा रही है

उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से ग्वालियर से देवास भोपाल से देवास इन्दौर मार्ग भी जुड़ जाएगें श्री भार्गव ने कहा कि ये मार्ग प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा इसके निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी